मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा के राम स्वरूप शर्मा बहुजन समाज पार्टी के सेसराम जबकि धर्मेन्द्र ठाकुर ने आज निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरा इसी तरह कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से संजीव गुलेरिया ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया मण्डी में भाजपा के राम स्वरूप शर्मा के नामांकन दाखिल करने के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कैबिनेट मंत्री गोबिंद ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती मौजूद रहे मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की प्रचंड लहर है और इस बार की जीत ऐतिहासिक रहेगी

संकल्प रैली इस बीच भाजपा प्रत्याशी राम स्वरूप शर्मा के नामांकन दाखिल करने के बाद पार्टी में मण्डी में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा हाईकमान ने प्रदेश की चारों सीटों पर ईमानदार छवि वाले नेताओं को टिकट दिए हैं और यही कारण है कि कांग्रेस की तुलना में भाजपा को भारी जन समर्थन मिल रहा है

जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने देश की सुरक्षा के साथ भी समझौता किया और तत्कालीन सरकार आतंकवाद को भी जवाब नहीं दे पाई उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और आतंकवाद को खत्म करने की दृष्टि से एनडीए सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं इस दौरान मुख्यमंत्री ने द्रंग के कुन्नू में भाजपा महिला मोर्चा के सम्मेलन को भी सम्बोधित किया भाजपा प्रचार प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा व कांग्रेस का प्रचार अभियान लगातार जारी है हमीरपुर संसदीय सीट से भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने आज बिलासपुर में विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ सभाओं में जन समर्थन मांगा शिमला से प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने कसुम्पटी क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि पिछले पांच वर्षो में भ्रष्टाचार करने वालों पर नकेल कसी गई है और भाजपा ने हमेशा सेना मातृशक्ति व भारतीय संस्कृति का सम्मान किया है राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भाजपा पर इस कार्यकाल में कोई भी चुनावी वायदा पूरा न करने का आरोप लगाया है शिमला जिले में चौपाल के नंहार में आज एक चुनावी रैली में उन्होंने कहा कि भाजपा देश के ज्वलंत मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने का प्रयास कर रही है राठौर ने कहा कि भाजपा सरकार बेरोजगारी कम करने और औद्योगिक विकास करने में भी नाकाम रही है शिमला संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी धनीराम शांडिल ने भी रैली को सम्बोधित किया उधर मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार आश्रय शर्मा ने मंडी सदर में चुनाव प्रचार किया

उन्होंने मतदान का संदेश देती बढ़िया सैल्फी लेने वालों को भी सम्मानित किया उधर बिलासपुर ज़िले में बरठी सिकरोहा हटवाड़ और पनोह स्कूलों में विद्यार्थियों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया लाहौल लोकसभा चुनाव को देखते हुए लाहौल स्पिति जिले में मतदान केन्द्रों तक जाने वाली सड़कों को खोलने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है

जिला निर्वाचन अधिकारी अश्वनी कमार चौधरी ने बताया कि इस माह के अंत तक सभी मतदान केन्द्रों की ओर जाने वाली सड़कों से बर्फ हटाने का लक्ष्य रखा गया है पूर्वाभ्यास भारतीय सेना ने शिमला के अनाडेल मैदान में आज आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यास का आयोजन किया इसमें सेना के हैलीकॉप्टर व जवानों ने भाग लिया सेना के एक प्रवक्ता के अनुसार ये अभ्यास आपातकालीन रिथति में हैलीकॉप्टर द्वारा जवानों की तैनाती और त्वरित प्रक्रिया से संबंधित था इसका उद्देश्य आपातकाल में सैन्य दलों की शीघ्र प्रतिक्रिया और मानवीय सहायता प्रदान करने के कार्य को जांचना है